हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दस आय्ष केन्द्रों का श्भारंभ किया गया है केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में बैकिंग क्षेत्र में स्धार लाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों के विलय की घोषणा की

उन्होंने कहा कि सरकार इसी वर्ष चार हजार केन्द्र खोलने का प्रयास कर रही है नई दिल्ली में योगा प्रस्कार वितरित करते हये श्री मोदी ने कहा कि प्रे भारत में डेढ़ लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र खोले गये है प्रधानमंत्री ने कहा कि फिर इंडिया आंदोलन के लिए आय्ष और योगा मजबूत सतम्भ है उन्होंने अपने स्वास्थ्य का श्रेय योगा प्राणायाम और आय्र्वेद को दिया उन्होंने ख्शी व्यक्त की कि आय्ष परिवार में आय्र्वेद योगा प्राकृतिक चिकित्सा सिद्वा यूनाननी और होम्योपैथी की बाद अब सोबा और रिगपा भी ज्ड़ गए है श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी का विश्वास था कि प्राकृतिक चिकित्सा ही सही मायने में जीने का ढ़ग है

उन्होंने कहा कि आय्र्वेद चिकित्सा पद्वति को बढ़ावा देने के लिए क्रुक्षेत्र में श्रीकृष्णा आय्ष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है पंचकूला के श्री माता मनसा देवी परिसर में राष्ट्रीय आय्र्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान स्थापित हो रहा है

आज नई दिल्ली से वीडिया कफ्रेसिंग के जरिये कोचि में मनोरमा न्यूज़ कान्कलेव को स्मबोधित करते हए उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे लोगों के बीच सेत् का काम करे और विभिन्न भाषाओं के लोगों को और निकट लाने में सहयोग करे श्री मोदी ने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर अब वाई फाई की स्विधा मिल रही है जिसके बारे किसी ने अभी तक सोचा नहीं था प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अब पारदर्शिता की बात कर रहे है और य्वा आने उपनाम से नहीं बल्कि अपनी दक्षता से पहचान बना रहे है

रविवार को एक और प्रयास के बाद इसकी द्री चन्द्रमा की सतह से घटकर औसतन सौ किलोमीटर रह जायेगी

केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केन्द्र सरकार निजी सुरक्षा उदयोगों को लाइसेंसिंग पंजीकरण और प्रशिक्षण समेत एक व्यवस्थित ढांच तैयार करने के लिए सहायता देने को तैयार है नई दिल्ली में निजी सुरक्षा उदयोग सम्मेलन को सम्बोधित करते हये श्री गोयल ने कहा कि सरकार सरकारी और निजी भागीदारी मान्यता प्राप्त एजेंसी से आ रहे निजी स्रक्षा कर्मचारियों और इस उदयोग को ऐसे गार्ड मुहैया करवाने के दोनों पहलुओं पर नज़र रख सकती है

केन्द्र सरकार ने आज बैकिंग क्षेत्र में कई सुधारों की जानकारी दी वित और निगमित मामले बारे मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि बैकिंग क्षेत्र में नींव को मजबूत करने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि सरकार पांच हजार अरब डालर का लक्ष्य प्रा करने के लिए कदम उठा रहे है सुधारों से स्वयं ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मूलभूत रूप से कायाकल्प हो जायेगा

जनता मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा नूंह जिले के नीमका गांव में प्रवेश करने पर लोगों ने पूरी गर्म जोशी से प्ष्प वर्षा कर जन आशीर्वाद रथ यात्रा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हरियाणा के लोक निर्माण मन्त्री राव नरबीर सिंह भी रथ यात्रा में साथ थे

आज गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक के निक्ट पाकिस्तान सीमा पर ज़ीरो लाइन पर हई इस मीटिंग मे भारत द्वारा लैंड पोल अथारिटी राष्ट्रीय राज मार्ग अथारिटी सीमा स्रक्षा बल और अन्य एंजेसियों के अधिकारी शामिल हये इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनने वाले सेत् के बारे विशेष चर्चा हुई

प्लिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि यह बहत ही गर्व की बात है कि राज्य प्लिस की द्र्गा शक्ति ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है उन्होंने द्र्गा शक्ति ऐप की समस्त टीम को इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी

पश्पालन मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने आज हरियाणा निवास में एक कार्यक्रम में इस एप को लांच किया उन्होंने कहा पश्ओं की नस्ल सुधार के लिए उनका पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है